सोशल डिस्टेन्सिंग और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का पालन जरूरी होगा मुख्यमंत्री ने राज्य के आयुष विभाग द्वारा विकसित आयुष कोविड कवच ऐप का लोकार्पण किया प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने वालों की दर राष्ट्रीय औसत दर से छः प्रतिशत अधिक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व वृद्वि के लिए भारत सरकार के परामर्श के अनुरूप उद्योग धन्यों को पूरे सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ संचालित कराने के आदेश दिये हैं प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि औद्योगिक गतिविधियों के संचालन के दौरान परस्पर सुरक्षित दूरी के नियम और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उद्योग धन्यों को गति प्रदान करने के लिए आवश्यकतानुसार नीतियों में संशोधन पर विचार करने के निर्देश दिए हैं सिंगल विंडो प्रणाली को मजबूती से लागू करने तथा लेबर रिफॉर्म के लिए श्रम विभाग द्वारा कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं श्री अवस्थी ने बताया कि मनरेगा के तहत कार्यरत अक्शल श्रमिकों की संख्या के आधार पर राज्य देश में दूसरे स्थान पर है प्रदेश में वायुमार्ग से वापस आने वाले लोगों को क्वारंटीन करने की सुचारू व्यवस्था के साथ साथ लखनऊ तथा वाराणसी हवाई अड्डों पर मेडिकल स्क्रीनिंग के प्रबन्ध सुनिश्चित किए जायेंगे उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के सहायता कॉल सेन्टर के टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य पांच एक चार पांच पर अन्य रोगों के लिए भी चिकित्सीय परामर्श सेवा उपलब्ध है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में उच्चस्तरीय मंत्री समूह की चौदहवीं बैठक की अध्यक्षता की बैठक में कोविड नाइन्टीन से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा निगरानी और आकलन किया गया इस महामारी से संबंधित वास्तविक स्थिति के साथ साथ नोवल कोरोना वायरस के नवीनतम आंकड़ों के बारे में प्रस्तुति दी गई बैठक में कंटेनमेंट रणनीति और कोविड नाइन्टीन के प्रबंधन के पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया इस दौरान केंद्र और विभिन्न राज्यों में किए गए उपायों पर भी चर्चा हुई मंत्री समूह ने इस बात की सराहना की कि अब मृत्यु दर करीब तीन दशमलव दो प्रतिशत है इसे देश में लॉकडाउन के साथ क्लस्टर प्रबंधन और कन्टेनमेंट रणनीति का सकारात्मक प्रभाव माना जा सकता है देश में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की संख्या छियालीस हजार चार सौ तैंतीस हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि पिछले चौबीस घंटों में एक हजार बीस मरीज स्वस्थ हुए है और अब तक कुल बारह हजार सात सौ छब्बीस रोगी ठीक होकर घर जा चुके हैं देश में कोविड नाइन्टीन से अब तक एक हजार पांच सौ अड़सठ लोगों की मृत्यु हुई है कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर सत्ताईस दशमलव चार एक प्रतिशत हो गई है अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के अत्यधिक सकारात्मक परिणाम मिले हैं लॉकडाउन से पहले तीन दशमलव चार दिन में रोगियों की संख्या दुगुनी हो रही थी जबकि अब बारह दिन में ये संख्या दुगुनी हो रही है और सुधार की यह प्रक्रिया जारी है अधिकारी ने बताया कि सरकार ने लॉकडाउन में छूट दे दी है इसलिए प्रत्येक नागरिक को भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए संक्रमण फैलने की कड़ी को तोड़ने में योगदान देना चाहिए और सभी एहतियाती उपायों का पालन करना चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राज्य के आयुष विभाग द्वारा विकसित आयुष कोविड कवच ऐप का लोकार्पण किया इस ऐप के माध्यम से लोगों को शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपायों की जानकारी मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा विश्व कोविड नाइन्टीन से निपटने में भारत की ओर आशा की दृष्टि से देख रहा है उन्होंने कहा कि हमारी प्रातन संस्कृति और आयूर्वेद में ऐसे अनेकों तथ्यों का उल्लेख है जिनमें महामारी और अन्य बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय बताए गए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड नाइन्टीन संक्रमण से लड़ने में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कारगर है उन्होंने लोगों से इस ऐप का उपयोग करने का आग्रह किया प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर तैंतीस प्रतिशत है यह संख्या राष्ट्रीय औसत से छः प्रतिशत अधिक है फिलहाल देश भर में कोरोना के रोगियों के ठीक होने की औसत दर सत्ताईस प्रतिशत है उधर प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण के दो हजार आठ सौ उन्सठ मामले सामने आ चुके हैं नौ सौ चौवालीस मरीज स्वस्थ हए हैं फिलहाल राज्य में कोविड नाइन्टीन के एक हजार आठ सौ बासठ सक्रिय मामले हैं इस बीच क्शीनगर जिले में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र के बेलवनिया ढांढा खूर्द की एक किशोरी को कोविड नाइन्टीन संक्रमण से पीड़ित पाया गया किशोरी एक सप्ताह पूर्व कानप्र से अपने एक रिश्तेदार के साथ आयी थी मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ एन पी गृप्ता ने बताया कि गांव वालों की सुचना पर किशोरी को क्वारंटीन में रखा गया था जिला प्रशासन ने गांव को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए सील कर दिया है प्रदेश के एक और ग्रीन जोन जिले अमेठी में भी कल कोविड नाइन्टीन संक्रमण का पहला मामला मिला एक महिला को कोराना पॉजिटिव पाया गया है वह पांच दिन पूर्व अजमेर से आयी थी कानपुर में कल कोरोना के पांच नए मामले सामने आए जिसके बाद जिले में संक्रमितों की संख्या दो सौ उन्हत्तर पहुंच गई है तैंतीस लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और छः की मृत्यु हुई है जिले में सक्रिय मामलों की संख्या दो सौ तीस है सिद्दार्थनगर जिले में कल दस लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई ये समी एक स्कूल में बनाए गए संगरोध केंद्र में रूके हुए थे जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर बारह हो गयी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोविड नाइन्टीन की रोकथाम के लिए सत्रह राष्ट्रीय कैडेट कोर और एनसीसी निदेशालयों के योगदान की समीक्षा की उन्होंने विभिन्न कार्यों में प्रशासन की सहायता के लिए एनसीसी कैडेटों की भूमिका की सराहना की रक्षा मंत्री ने कहा कि देश चुनौतीपूर्ण समय से गूजर रहा है सरकार ने कोविड नाइन्टीन महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अनेक कारगर उपाय किए हैं श्री सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्र इस संकट से विजयी होकर निकलेगा प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए पंजीकरण के लिए विशेष पोर्टल बनाया है इसका पता है जनसुनवाई डॉट यूपी डॉट एनआईसी डॉट आई एन प्रदेश आने और यहां से बाहर जाने के इच्छुक लोग इस पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं आने जाने की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा अट्ठारह से तेईस जुलाई तक होगी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल यह घोषणा की देशभर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जेई एडवांस की परीक्षा अगस्त में होगी जिसकी तारीखें जल्दी ही घोषित की जाएगी श्री निशंक ने कहा कि नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा छब्बीस जुलाई को होगी उन्होंने कहा कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की लंबित बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में भी जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा ये दोनों परीक्षाएं कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन लागू होने के कारण स्थगित कर दी गई थीं विभिन्न मंचों से फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर अंक्श लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रान्तियों को दूर करने का प्रयास करते हैं इसी क्रम में सरकार ने व्हाट्सएप पर चल रहे उन संदेशों को खारिज किया है कि दूरसंचार ऑपरेटरों ने लॉकडाउन की विस्तारित अवधि यानी सत्रह मई तक इंटरनेट सेवा मुफ्त उपलब्ध कराने की घोषणा की है पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि यह दावा झूठा है कार्यालय ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि द्रसंचार विभाग ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है प्रदेश के अधिकांश इलाकों में कल आंधी बारिश और ओलावृष्टि के कारण जन जीवन प्रभावित हुआ लखीमपुर जिले में आई तेज आंधी से काफी नुकसान के होने के समाचार है अयोध्या चित्रकृट जौनपूर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा दर्ज की गई आगामी चौबीस घंटों में मौसम के सामान्य रहने का अनुमान है मथुरा जिले में सोमवार देर रात एक सड़क दुर्घटना में सात लोगों की मृत्यु हो गयी और दो अन्य घायल हो गये हादसा मगोर्रा थाना क्षेत्र के गांव उमरी के पास उस समय हुआ जब मजदूरों से भरा एक टैंपो सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गया सभी मृतक मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले थे और यहां मजदूरी के लिए आए थे